प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है सहरसा और मधेपुरा जिलों के साथ सोलह जिलों के एक सौ बीस प्रखंडों की चौंसठ लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैंतीस टीमों की मदद से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है अब तक लगभग साढ़े चार लाख लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है बाढ़ प्रभावित जिलों में सत्रह राहत शिविर और एक हजार तीन सौ पैंसठ सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया जा रहा है राहत शिविर में अठारह हजार से अधिक लोग रह रहे हैं जबकि सामुदायिक रसोई घरों से दस लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है बाढ़ से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में अब तक बयालीस लोगों की मौत हो चूकी है सबसे अधिक मौत मुजफ्फरपुर दरभंगा और पश्चिम चंपारण जिले में हुई है बत्तीस पशुओं की भी मौत हुई है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि नदियों में उफान के कारण नये इलाकों में पानी प्रवेश कर रहा है गंडक नदी का पानी फैलने से सारण और सिवान जिले के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है वहीं छपरा और मुजफ्फरपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सात सौ बाईस पर बाढ़ का पानी आ जाने से आवागमन रोक दिया गया है सिवान जिले में सरयू और धमई नदी का पानी कई नये इलाकों में प्रवेश कर रहा है गोपालगंज जिले में बाढ़ के पानी में कमी आयी है लेकिन बैकुंठपुर प्रखंड की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बूढ़ी गंडक नदी में उफान से मुरौल प्रखंड के कई नये गांव बाढ़ की चपेट में आ गये हैं वाया नदी का सुरक्षा बांध टूटने से पारू साहेबगंज और सरैया प्रखंड के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं वहीं वैशाली जिले में वाया नदी के उफान से भगवानपुर पटेढ़ी बेलसर और महुआ सहित अनेक गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है दरभंगा जिले में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है सड़कों के क्षतिग्रस्त हो जाने से आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है

मधूबनी में कोसी और अधवारा समूह की नदियों में उफान के कारण नये इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है महनंदा और कनकई नदी में उफान से किशनगंज जिले के पांच प्रखंड प्रभावित हैं वहीं पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक सिकरहना और मसान नदियों के पानी से सत्रह प्रखंडों की एक लाख पैंतालीस हजार से अधिक की आबादी प्रभावित हुई है पूर्वी चंपारण जिले के एक सौ छियासठ पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं खगड़िया में कोसी बागमती करेह और गंगा नदी का पानी सात प्रखंडों के उनतालीस पंचायतों में प्रवेश कर चुका है वहीं सुपौल जिले के पांच प्रखंडों की बयासी हजार से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है कोसी नदी में उफान से सहरसा जिले के चार और मधेपुरा जिले के दो प्रखंड बाढ़ की चपेट में आ गये हैं प्रदेश की अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं हालांकि प्रमुख नदियों का जलस्तर स्थिर बना हुआ है या फिर उसमें कमी दर्ज की गयी है गंडक नदी गोपालगंज के ड्मरिया घाट में खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर है वहीं ब्रुढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर के अहिरवलिया और सिकंदरपुर में लाल निशान से एक एक मीटर ऊपर बह रही है नदी का जलस्तर समस्तीपुर के रोसड़ा में लाल निशान से तीन मीटर और खगड़िया में एक मीटर तक ऊपर पहुंच गया है बागमती नदी का जलस्तर मूजफ्फरपूर में स्थिर बना हुआ है हालांकि यह रून्नीसैदपुर में खतरे के निशान से दो मीटर बेनीबाद में एक मीटर और हायाघाट में दो मीटर ऊपर बह रही है अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर दरभंगा में स्थिर बना हआ है जबकि सीतामढ़ी के सोनबरसा में नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गयी है वहीं महानंदा नदी का जलस्तर भी किशनगंज प्रर्णिया और कटिहार में घटा है कोसी नदी के जलस्तर में भी कमी देखी गयी है नदी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से दो मीटर नीचे बह रही है कमला बलान और परमान नदी के जलस्तर में भी कई स्थानों पर कमी दर्ज की गयी है प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गयी मौसम विभाग के अनूसार पूर्णिया में बीस दशमलव नौ मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी हमारे बेगूसराय संवाददाता ने बताया कि जिले के कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हुई मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों में पटना गया भागलपुर और पूर्णिया में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जतायी है इस बीच विभाग ने अगले दो से तीन घंटों में पटना नालंदा नवादा समस्तीपुर और दरभंगा जिले के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की है इस दौरान वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गयी है बिहार सरकार ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि फिल्म अभिनेता के पिता केके सिंह के अनुरोध पर राज्य सरकार ने यह फैसला किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले में बिहार पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रही है और महाराष्ट्र पुलिस का रवैया आपत्तिजनक रहा है गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत चौदह जून को मुंबई में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे उनके पिता ने पच्चीस जुलाई को पटना में एफ आई आर दर्ज कराई थी इस बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस मामले की सी बी आई से जांच की सिफारिश करने के लिए मुख्यमंत्री नीतिश कुमार का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि अब सच्चाई सामने आ जाएगी इधर पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस के रवैये के खिलाफ सरकार कोर्ट जाने के विकल्प पर विचार कर रही है और इस संबंध में महाधिवक्ता से परामर्श किया जा रहा है

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे अधिक तीन सौ तिरानवे मामले पटना जिले से सामने आये हैं मुजफ्फरपुर से एक सौ संतानवे और कटिहार से एक सौ बीस नये मामलों की पुष्टि हुई है वहीं सारण से संतानवे वैशाली से पचासी सीतामढ़ी से चौरासी और बेगूसराय से पचहत्तर मामले सामने आये हैं पिछले चौबीस घंटों में दो हजार दो सौ बावन लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर चालीस हजार सात सौ साठ हो गयी है स्वस्थ होने की दर पैंसठ दशमलव सात एक प्रतिशत है वहीं एक दिन में तेरह लोगों की मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा बढ़कर तीन सौ उनचास हो गया है फिलहाल राज्य के अलग अलग अस्पतालों में बीस हजार नौ सौ इक्कीस लोगों का उपचार चल रहा है स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों अड़तीस हजार दो सौ पन्द्रह नमूनों की जांच हुई है अब तक राज्य में छह लाख सतासी हजार एक सौ चौवन नमूनों की जांच हो चुकी है बेगूसराय जिले में आज से दो और कोविड हेल्थ सेंटर काम करने लगे हैं इन केन्द्रों पर सौ सौ बेड की सुविधा है जिसमें पचास पचास बेड ऑक्सीजन सुविधा से युक्त है अरवल और शेखपुरा जिला प्रशासन ने जिले के नगर क्षेत्र में सभी द्रकानदारों को कोरोना जांच करवाने के निर्देश दिये हैं जो द्रकानदार अपनी जांच नहीं करवायेंगे उन्हें दुकान नहीं खोलने दिया जायेगा पूर्वी चंपारण जिले के समाहरणालय में आज से टेलीमेडिसिन सेंटर शुरू हो गया है इस सेंटर के माध्यम से लोग कोविड उन्नीस से संबंधित परामर्श ले सकते हैं देश में अब तक कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमित कुल बारह लाख तीस हजार पांच सौ नौ रोगी स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने की दर बढकर छियासठ दशमलव तीन शून्य प्रतिशत हो गयी है मंत्रालय ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटों में कोरोना के कुल बावन हजार पचास नये मामले सामने आए हैं संक्रमितों की संख्या बढकर अठारह लाख पचपन हजार सात सौ पैंतालीस हो गई है वहीं मृतकों की संख्या अड़तीस हजार नौ सौ अड़तीस हो गई है मृत्यु दर घटकर दो दशमलव शून्य नौ प्रतिशत हो गई है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डॉ प्रसून चट्टर्जी ने लोगों से नियमित रूप से मास्क पहनने की अपील की है

सेंटर में मास्क में हाथ न लगाइए आप देखेंगे मास्क पहनने भी हैं तो नाक की जगह पर बार बार हाथ लगा रहे हैं उससे मास्क को कंटीनमेंट कर रहे हो मास्क को हाथ से ले के नीचे कर देते हैं हम मास्क को खोलकर टेबल पर रख देते हैं मास्क आपको प्रोटेक्ट कर रहा है तो मास्क को आप एक ही बार पहनिये एक ही बार खोलिए

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कल होने वाले भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर है भूमि पूजन से पहले जारी तीन दिन के अनुष्ठानों के दूसरे दिन आज छह घंटे का विशेष राम रचा अनुष्ठान किया जा रहा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के दौरान एक सौ पैंतीस विशिष्ट संत उपस्थित हैं

आज शाम होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां जोरो पर हैं और सरयू के घाटों को बेहद खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है राम की भक्ति में डूबे इस पौराणिक शहर को शहर को अब उस पल का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां पहुंचेंगे और अपने हाथों से भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे

विभिन्न सिविल सेवाओं में कुल आठ सौ उनतीस उम्मीदवारों का चयन किया गया है प्रदीप सिंह प्रथम स्थान पर रहे जबकि महिलाओं में प्रतिभा वर्मा पहले स्थान पर रहीं परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है प्रदीप सिंह ने आकाशवाणी समाचार के साथ खास बातचीत में कहा कि वे इस सेवा में रहकर गरीब और वंचितों के लिए काम करेंगे

मुझे नहीं इतना एक्सपेक्टेड था कि मैं इतना कुछ अच्छा कर पाऊंगा

जो गर्वमेंट की सर्विसेज जिनके लिए बनायी जाती हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं तो मेरा गोल रहेगा कि मैं अगर पब्लिक में जाऊं तो उनके लिए उनकी सेवा कर सकूं और देश के विकास में अपना योगदान दे सकूं परीक्षा में गोपालगंज के प्रदीप सिंह ने छब्बीसवां समस्तीपुर जिले के बारिसनगर प्रखंड के गोही गांव निवासी ओमकांत ठाकुर ने बावनवां स्थान खगड़िया के सत्यम ने एक सौ उनहत्तरवां और अमनदीप ने चार सौ अड़सठवां स्थान हासिल किया है दरभंगा के निशांत विवेक ने चार सौ चारवां स्थान प्राप्त किया है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी